राजधानी रायपुर के बाद अब राज्य के उन्नीस अन्य शहरों में भी ऑनलाइन भू उपयोग सेवा शुरू

इसके अनुसार अब बीस फरवरी तक किसानों से धान की खरीदी की जाएगी पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार पंद्रह फरवरी तक खरीदी होनी थी गौरतलब है कि बीते आठ फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बधेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तिथि बीस फरवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था ग्राम पंचायत सम्मेलन प्रदेश में महासमुंद जिले को छोड़कर बाकी जिलों में ग्राम पंचायतों के नव निर्वाचित सरपंच और पंचों का पहला सम्मेलन आज आयोजित किया गया इस मौके पर नव निर्वाचित पंच और सरपंचों ने अपना पदभार ग्रहण किया इस दौरान उप सरपंच के निर्वाचन के लिए पंचों को सूचना जारी की गई चौबीस फरवरी को उप सरपंच का निर्वाचन होगा बालोद जिले के सिवनी में इस सम्मेलन को ग्राम स्वराज उत्सव के रूप में मनाया गया इस मौके पर एक ओर जहां नए सरपंच और पंच प्रतिनिधियों ने पदभार ग्रहण किया वहीं पूर्व सरपंचों और पंच प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में उपलब्ध अतिरिक्त धान से बायो एथेनॉल के उत्पादन के लिए केन्द्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव पर जल्द से जल्द सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया है

इसमें मुख्यमंत्री ने धान आधारित बायो एथेनॉल का मुख्यमंत्री ने विक्रय मूल्य शीरा शक्कर शुगर सिरप से उत्पादित एथेनॉल के विक्रय दर के बराबर रखने का आग्रह किया है

आवास और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल मंत्रालय में राज्य के उन्नीस नगरों में इस सेवा के विस्तारीकरण का शुभारंभ किया रायपुर नगर में पहले से ही यह सेवा संचालित है प्रदेश के जिन नगरों में ऑनलाइन भू उपयोग सेवा शुरू हुई है उनमें बिलासपुर कोरबा राजनांदगांव महासमुंद और भाटापारा के साथ कांकेर तथा नारायणपुर शामिल हैं शुभारंभ कार्यक्रम में श्री अकबर ने कहा कि यह सेवा आम जनता की सहूलियत के लिए अहम कड़ी है इस सुविधा के जरिये भू उपयोग की जानकारी के लिए लोगों को अनावश्यक रूप से संबंधित कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा हाईकोर्ट सुनवाई पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के आवास मरवाही सदन में नौकर द्वारा फांसी लगाए जाने के मामले में दायर याचिका पर आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है इस मामले की सुनवाई जस्टिस आरपी शर्मा की सिंगल बेंच ने की गौरतलब है कि श्री जोगी और अमित जोगी ने इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है संस्कृति मंत्री समीक्षा संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने संस्कृति संचालनालय में फिल्म विकास निगम का सेल गठित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने अपने निवास कार्यालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा की श्री भगत ने अधिकारियों को कहा कि फिल्म विकास निगम सेल में प्रभारी अधिकारी भी नियुक्त किया जाए संस्कृति मंत्री ने छत्तीसगढ़ी फिल्म को बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य के जिन जिलों में सिनेमा घर नहीं है वहां भी सिनेमा दिखाने की व्यवस्था करने की जरूरत बताई कार्यशाला राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने पुलिस अधिकारियों को माओवादी घटनाओं की जांच में फॉरेंसिक साईस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं यह बात श्री अवस्थी ने माओवादी घटनाओं के जांच के मामलों पर फॉरेंसिक साईस के महत्व पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही

उनकी पुण्यतिथि को भाजपा द्वारा प्रदेश में समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है आज तेलीबांधा चौक स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया साथ ही श्रद्वांजलि सभा भी हुई इसमें भाजपा के जिला पदाधिकारी और सभी मंडल तथा वार्ड के कार्यकर्ता उपस्थित थे रायपुर स्थित पार्टी के जिला कार्यालय में भी पुष्पांजलि अर्पित कर पंडित उपाध्याय के योगदान का स्मरण किया गया इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पंडित उपाध्याय के जीवन आदर्श और एकात्म मानव दर्शन के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को आसानी से कृषि ऋण दिलाने के लिए कृषि विभाग द्वारा राज्य में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है पंद्रह दिनों तक चलने वाला यह अभियान बीते आठ फरवरी से शुरू हुआ है इस अभियान अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाना है जिससे किसान उन्नत का उद्देश्य तकनीकों को अपनाकर खेती किसानी में अधिक लाभ कमा सकें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को तीन किश्तों में छह हजार रूपए की सहायता राशि सालाना दी जाती है इसके तहत छत्तीसगढ़ में अब तक लगभग इक्कीस लाख हितग्राहियों का पंजीयन किया जा चुका है कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के दौरान बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हितग्राहियों की पहचान की जाएगी इनमें से जिन किसानों का क्रेडिट कार्ड नहीं बना है उन हितग्राहियों को कृषि ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के दस्तावेजों का उपयोग किया जाएगा किसान बैंक में आवेदन जमा कर चौदह दिनों के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं अभियान के तहत बैंकों द्वारा तीन लाख रूपए तक के कर्ज के लिए लगने वाले प्रोसेसिंग शुल्क को माफ किया जाएगा जल संरक्षण पानी बचाओ आंदोलन के प्रणेता और मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राजेन्द्र सिंह ने देश में जल संरक्षण के लिए जल साक्षरता अभियान की जरूरत बताई है ताकि लोगों में जल संचेतना जागे डॉक्टर सिंह शिवनाथ बचाओ आंदोलन के समर्थन में दुर्ग में आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे उन्होंने कहा कि सभी पंच महाद्वीपों को जोड़ने वाली कड़ी पानी है इसलिए जीवनदायिनी नदियों का संरक्षण जरूरी है

जंगलपुर गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया उन्हें श्रद्वांजलि देने के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में गांव के लोग भी पहुंचे थे पूर्णानंद साहू वर्ष दो हजार तीन में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और वर्तमान में बीजापुर में पदस्थ थे गौरतलब है कि कल बीजापुर जिले के पामेड़ इलाके में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के दो जवान विकास और पूर्णानंद शहीद हो गए थे वहीं एक माओवादी भी मारा गया था देवेंद्र कुमारी सिंहदेव निधन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की माता और अंबिकापुर के पूर्व राजपरिवार की राजमाता देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव का बीती रात निधन हो गया उनका इलाज नई दिल्ली के मेदांता अस्पताल में चल रहा था श्रीमती सिंहदेव का पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से अंबिकापुर लाया गया इसके बाद पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान पर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया कल अंबिकापुर स्थित रानीतालाब मुक्तिधाम में राजकीय सम्मान के साथ श्रीमती सिंहदेव का अंतिम संस्कार किया जाएगा इस बीच महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया की माता नेकिन बाई का भी बीती रात निधन हो गया उनके निधन पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने द्ःख जताया है नेमिन बाई का अंतिम संस्कार उनके गृहग्राम कोसमी में किया गया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कोसमी पहंचकर श्रीमती भेंडिया की माता को श्रद्धांजलि दी संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमकाल स्मृति दिवस पर आदिवासी चेतना के प्रतीक और छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी शहीद गुंडाधुर को नमन किया है कबीरधाम जिले के सलिहा धान खरीदी केन्द्रों में बारदाना खत्म होने से नाराज किसानों ने चक्काजाम किया वरिष्ठ अधिकारियों की समझाइश के बाद यह प्रदर्शन खत्म हुआ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की शिकायतों की जन सुनवाई परसों तेरह फरवरी को होगी यह सुनवाई रायपुर के सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में की जाएगी